प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता को उजागर करेगा

इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है

अतिरिक्त उपायुक्त जतिल लाल ने कल मंडी में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिले में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए यूनीक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं निर्देश हमीरपुर के एडीएम जितेन्द्र सांजटा ने सुजानपुर के समीप खैरी में निर्माणाधीन गौ अभ्यारण्य के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है सांजटा ने मेडिकल कालेज हमीरपुर की नई साइट पर निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के होम आईसोलेट होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हुए क्वांरटाईन संक्रमित भाजपा विधायक के संपर्क में आने के बाद लिया फैसला दैनिक भास्कर के शब्द हैं विधायक सुरेंद्र शैरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम ने खुद को किया होम आईसोलेट अमर उजाला की सुर्खी है बड़ी चूकः पीएम मोदी के संपर्क में आए थे कोरोना संक्रमित विधायक से मिले मुख्यमंत्री और वन मंत्री पंजाब केसरी लिखता है बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी पूर्व मंत्री रविंद्र रवि कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री होम आईसोलेट दैनिक जागरण के अनुसार विधायक शौरी संकमित संपर्क में आए मुख्यमंत्री होम क्वारंटाइन

आपका फैसला राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया हिमाचल दस्तक की एक खबर है दो सड़क दुर्घटनाओं में चार की मौत

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कैबिनेट में लिया जाएगा स्कूल खोलने का फैसला

नमस्कार